राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है

एडीजी श्री सागर ने बताया कि प्ताक एप के माध्यम से दुर्घटनाओं का सटीक डाटा मिल सकेगा

एप द्वारा घटना स्थल के फोटो और वीडियो तैयार किये जा सकेंगे जिससे दुर्घटनाओं का सटीक रिकार्ड निर्मित एवं संधारित होगा

शिक्षा मानक संचालन प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है जवाहर नवोदय विद्यालयों को सेनेटाइज करने कक्षाओं के प्रबंधन और छात्रावास में विद्यार्थियों को सुरक्षित दूरी के साथ रहने तथा आपात स्थिति से निपटने में कोविड प्रबंधन मानकों जैसे सभी एहतियाती उपाय पहले ही कर लिए गए हैं

गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम के दायरे में आने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी को जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है

जन आंदोलन रतलाम के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर ननावारे ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है

इन परीक्षाओं के लिए भरे गये नामांकन और परीक्षा आवेदन पत्र में नाम जन्मतिथि फोटो विषय माध्यम लिंग शुल्क छूट श्रेणी आदि में संशोधन किया जा सकेगा

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने बताया कि ईमानदारी से व्यापार करने वालों के लिये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिये मिलावट से मुक्ति अभियान जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि मिलावटखोरों को पूरी तरह से प्रदेश से समाप्त नहीं कर दिया जाता विष्व कैंसर दिवस आज विष्व कैंसर दिवस है

जिसका मतलब है कि हर किसी में क्षमता है कि वह कैंसर से लड़ सकता है इसी थीम के आधार पर दुनियाभर में कैंसर रोग से लड़ने के जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कैंसर रोग विषेषज्ञ और षल्य तंत्र के विभागाध्यक्ष डॉ अखिलेश भार्गव ने कैंसर रोग के प्रति आमजन को जागरूक रहने की अपील की है

वे चौरी चौरा कांड के सिलसिले में एक डाक टिकट भी जारी करेंगे